कांग्रेस भाजपा सहित अन्य पार्टियों के शीर्ष नेता सघन चुनाव प्रचार में लग गये है भाजपा के प्रदेश मे चुनाव प्रभारी और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज जोधपुर में प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज टोंक जिले के निवाई बूंदी जिले को नैनवा में प्रतापगढ जिले के धमोतर में जनसभाओं को सम्बोधित किया धमोतर में श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने जनता के धन को विकास कार्यों के माध्यम से जनता को वापस लौटाया है उन्होंने कहा कि गौरव यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचकर खर्च किए धन का हिसाब दिया गया है

उन्होंने भाजपा पर घनबल की राजनीतिकरने का आरोप लगाया श्री गहलोत ने कहा कि राज्यमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा ने सत्ता में आते ही कमजोर कर दिया उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पुनः सत्ता में आई तो भाजपा सरकार की किसीयोजना को बंद नहीं किया जाएगा उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज अनूपगढ पीलीबंगा में जनसभाओं को सम्बोधित किया इसके बाद उन्होंने टोंक के उंकाबरा में पार्टी के पक्ष में वोट मांगे अनूपगढ में जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री पायलट ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति का स्थायी समाधान किया जाएगा

श्री जोशी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के सिद्धांतो और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए यदि उनके कथन से समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंची हो तो वे इसके लिए खेद प्रकट करते हैं

भारतीय जनता पार्टी ने भी श्री जोशी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई

आज जयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है श्री शर्मा ने दावा किया कि राज्य सरकार की गलत नीतियों और निर्णयों ने जनता को कष्ट दिया है

आज कार्तिक पूर्णिमा का महा स्नान भी हो रहा है पूरब और पश्चिम की संस्कृति के संगम के रूप में विख्यात पुष्कर मेला आज सम्पन्न हो गया मेले में बड़ी संख्या मेंविदेशी पर्यटकों ने हिस्सा लिया

स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने ब्रहमा मंदिर सहित अन्य मंदिरों के दर्शन किए और दान पुण्य किया इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे

विदेशियों को आकर्षित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया

हमारे झालावाड़ सवाददाता ने बताया कि इस मौके पर आयोजित मेले में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई सवाई माघोपुर के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर भी कार्तिक पूर्णिमा मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने का सिलसिला मध्यरात्रि के बाद से ही शुरू हो गया जो लगातार जारी है वहीं बीकानेर में कपिल मुनि की कर्म स्थली श्री कोलायत में भी महा स्नान का आयोजन हुआ

युवाओं की ऊर्जा से भारत एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ रहा है उन्होंने कहा कि ज्ञान और कल्पना क्षमता और आत्मविश्वास युवाओं की जोखिम लेने और एक साथ कई काम करने की क्षमता भारत के विकास की दिशा बदल देगी